गृहमंत्री ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अपने पेशेवर कौशल और क्षमताओं में वृद्धि के लिए पुलिस अधिकारियों को उनकी रुचि के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण पर खास ध्यान देना चाहिए

राज्य स्तर पर संचालित कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर एक नौ पांच षुन्य है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने बताया कि इस नंबर पर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है जिसका निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जायेगा मतदाता परिचय पत्र मतदाता सूची आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन से संबंधित शिकायत भी इस नंबर पर दर्ज करायी जा सकती है जिलों में भी इसी तर्ज पर कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है इसके लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिला स्तरीय कॉल सेंटर का नोडल अधिकारी बनाया गया है

नई दिल्ली में कांग्रेस की छानबीन समिति की बैठक में करीब सौ नामों पर सहमति बन गई है वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच प्रत्याशी चयन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अगले सप्ताह आयोजित किये जाने की संभावना है प्रदेश में बहुजन समाजपार्टी अपने बाइस उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरीसिंह यादव को रायसेन जिले की सिलवानी और अशोक यादव को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाये जाने की घोषणा की पार्टी अब तक आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने चौबीस प्रत्याशियों के नाम घोषित किये हैं

इस अवसर पर प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों में श्रद्दालुओं की लंबी कतारे देखी जा रही है श्रद्दालु मॉ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं इस अवसर पर राजधानी भोपाल में बनाये गये दुर्गा पंडालों में विशेष साज सज्जा की गई है

जबलपुर में घट स्थापना के साथ ही शक्ति की आराधना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गये हैं वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मॉ पीतांबरा सिद्धपीठ और मॉ बगुलामुखी मंदिरों में भी विशेष प्रजा अर्चना की जा रही है खंडवा नरसिंहपुर और शाजापुर में नवरात्रि पर्व की विशेष तैयारियां की गई हैं शाजापुर में मॉ राजराजेश्वरी मंदिर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी दूर्गा मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किये जा रहे हैं

बच्चों के माता पिता अभी तक लापता हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि सेंधवा ग्रामीण चिखली ग्राम में आज तड़के इन बच्चों की लाश कुएं में मिली जिनकी उम्र दो से छह वर्ष के बीच है पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना के आधार पर आशंका व्यक्त की है कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते ये घटनाक्रम हुआ होगा परिवार महाराष्ट्र में मजदूरी करता था

इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को डाक सेवाओं की जानकारी दी जा रही है भोपाल में इस अवसर पर स्कूली बच्चों को प्रमुख डाकघरों का भ्रमण कराया गया और उन्हें डाक सेवाओं के साथ ही बचत योजनाओं की जानकारी दी गई तेरह अक्टूबर को भोपाल परिमंडल कार्यालय में ग्राहक मिलन समारोह आयोजित किया जायेगा